उन्होंने संबंधित विभागों को इनकी नियुक्ति के लिए अतिरिक्त पद सुजन करने के निर्देश दिए बैठक में कार्मिक विभाग की प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह ने प्रकियाधीन भर्तियों के संबंध में जानकारी दी

सदन में आज पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर पर्रिकर समेत अन्य दिवंगत नेताओं को सदन में दो मिनट का मौन रखकर श्रद्वांजलि अर्पित करने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गयी जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादी हमले में शहीद हए सीआरपीएफ के जवानों और बाड़मेर जिले के जसोल कस्बे में धार्मिक आयोजन के दौरान पांडाल गिरने से हए हादसे के मृतकों को भी आज सदन में श्रद्दाजंलि अर्पित की गयी

सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने आज आकाशवाणी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में ये जानकारी दी

राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और पिछले चार वर्षों में मंत्रालय ने इस नीति को लेकर व्यापक चर्चा की है

उद्योग आयुक्त डॉ कृष्ण कांत पाठक ने बताया कि शिल्पशाला में शिल्पों के इतिहास व विकास यात्रा से रुबरु कराते हुए जिज्ञासुओं को अतिरिक्त जानकारी देने का प्रयास किया गया है उन्होंने बताया कि परंपरागत शिल्प और कलाओं को सीखने की जयपुरवासियों में खास उत्साह देखने को मिला है

ब्रंदी में जिला स्तरीय पेंशन निस्तारण समिति की बैठक में एक साल से पुराने मामले निपटाने के आदेश दिए गए टोंक में नगर परिषद की ओर से शहर की मुख्य सड़क पर डिवाइडर पर लगाई गई स्ट्रीट लाइट्स का आज सभापति लक्ष्मी जैन ने शुभारंभ किया

बूंदी में बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई जिससे लोगों को उमस से राहत मिली सवाईमाधोपुर जिले में भी दिनभर तेज धूप और गर्मी के बाद धूलभरी हवाएं चलने और बादल छाने से मौसम सुहावना हो गया